श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातचीत करेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके वे कल शिमला से भाजपा मण्डल चुराह की वर्चुअल रैली को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिले के समग्र विकास को सरकार प्रतिबद्ध है और विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की गई हैं

इस बीच मुख्यमंत्री आज पालमपुर भाजपा मंडल सहित हरोली धर्मपुर इंदौरा चौपाल और चंबा भाजपा मंडलों की वर्चुअल रैलियों को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रैसिग के माध्यम से संबोधित करेंगे

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमा रमण की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने शिमला से वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से हिमाचल का पक्ष रखा बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे बिकम ठाकुर ने हिमाचल को उदार सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया

उद्योग मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण द्वारा एम एस एई के लिए की गई घोषणाओं से हिमाचल को लाभ होगा और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ेगा

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से पण्डोह बांध का जलस्तर निरन्तर बढ़ रहा है मंडी के अतिरिक्त जिला उपायुक्त श्रवण मांटा ने कहा है कि बढते जल स्तर को देखते हुए बांध के स्पिलवे गेट कभी भी खोले जा सकते हैं उन्होंने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर के शब्द है झांसी से आए य्वक से पत्नी बेटा मां पिता भतीजी भी हुए संक्रमित

पंजाब केसरी प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला के हवाले से लिखता है मैं सरकार व पार्टी के खिलाफ नहीं पर नहीं सहंगा अपमान अमर उजाला का कहना है कांगडा भाजपा का घमासान चरम पर धवाला पर कर्रवाही की तैयारी हिमाचल दस्तक का शीर्षक है अकेले पड़े रमेश धवाला भाजपा ब्यानों से नाराज आपका फैसला के शब्द हैं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला की कुर्सी खतरे में दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है कोविड संकट काल में पंचायत चनाव करवाने की चुनौती वायरल ऑडियो मामले से जुडी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है गुप्ता दंपति पर गिरफतारी का खतरा अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका

पंजाब केसरी के अनुसार बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में कांगड़ा के युवा एसडीएम जतिन लाल का अनुठा प्रयोग